मृत्यु दर घटकर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत पर पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प अगले पन्द्रह दिनों में श्रमिकों के कौशल सम्बंधी आंकड़े जुटाए जाएं

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक तीन हजार आठ सौ चौबीस लोग स्वस्थ हुए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक देश में सात हजार चार सौ नब्बे लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि रोगियों के ठीक होने की दर में निरंतर वृद्वि दर्ज की गई है अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में स्वस्थ होने वालों की दर ग्यारह दशमलव चार दो प्रतिशत थी और तीसरे चरण में यह बढ़कर छब्बीस दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई तथा इस समय यह दर इकतालीस प्रतिशत से अधिक पहंच गई है अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर तीन दशमलव तीन शुन्य प्रतिशत से घट कर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है जो विश्व में सबसे कम है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में एक लाख की जनसंख्या में दस दशमलव सात लोग ही संक्रमित हुए इसकी तुलना में विश्व में एक लाख की आबादी पर उनहत्तर दशमलव नौ लोग संक्रमित हुए अधिकारी ने कहा कि एक लाख की आबादी पर विश्व में चार दशमलव पांच लोगों की मृत्यु हो रही है जबकि भारत में एक लाख की आबादी पर केवल शून्य दशमलव तीन लोगों की ही मृत्यु हो रही है जो विश्व में सबसे कम है अधिकारी ने लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए अधिकारी ने बताया कि कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए बचाव और नियंत्रण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कोविड नाइन्टीन से बुजुर्गों की मृत्यु दर लगभग पचास प्रतिशत जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर तिहत्तर प्रतिशत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में प्रवासी कामगारों के कौशल से जुड़ी जानकारी जुटायी जा रही है उन्होंने अधिकारियों को अगले पंद्रह दिनों में श्रमिकों की दक्षता से जुड़े आंकड़े संकलित करने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों का सर्वे किया जाए और प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क रेलगाड़ियों और बसों की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों की सुची प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने एक जून से शुरू होने वाले खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब देश कोविड नाइन्टीन का मुकाबला कर रहा है उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है जब लॉकडाउन लगा तब तीन दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आस्वर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हायतौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया पूरे देश में क्यों लगाया अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी यानि जब लगा तो भी विरोध किया अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पैंतालीस लाख श्रमिकों को तीन हजार विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोविड नाइन्टीन महामारी को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने साबुन और पानी से हाथ धोने या एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना दंडनीय अपराध बनाया गया है इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर हेल्पलाइन नंबर एक शुन्य सात पांच पर तुरन्त संपर्क करना चाहिए

इस कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकार्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर भी लिखकर भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो डायल कर एस एम एस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं केन्द्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख तीस जून तक के लिए बढ़ा दी है पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को पांच सितारा पांच सितारा डीलक्स लेगेसी विन्टेज होम स्टे गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटरों ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति भी छह महीने के लिए बढ़ा दी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है राज्य में अब तक तीन हजार आठ सौ चौबीस लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार सात सौ तेईस है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक सौ चौंसठ मरीज स्वस्थ हुए आगरा जिले में अब तक मिले आठ सौ छियासठ संक्रमितों में से सात सौ इकत्तीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं मेरठ में कोविड नाइन्टीन के तीन सौ नवासी मरीजों में से दो सौ तिरसठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं गौतमबुद्व नगर में अब तक तीन सौ बासठ लोग बीमारी से संक्रमित पाए गए जिनमें से दो सौ चौंतीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं कानपुर नगर में तीन सौ सैंतीस में से तीन सौ एक लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है लखनऊ में तीन सौ पैंतीस रोगियों में से अब तक दो सौ अठत्तर स्वस्थ हो चुके हैं सहारनपुर में दो सौ बत्तीस लोगों में से दो सौ लोग ठीक हुए हैं फिरोजाबाद में कुल संक्रमितों की संख्या दो सौ सत्ताईस है जिसमें से एक सौ नब्बे लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है मुरादाबाद में एक सौ सत्तासी में से एक सौ चौवालीस लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं रायबरेली में सड़सठ मरीजों में से अड़तालीस मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं मथुरा में कुल संक्रमितों की संख्या पैंसठ है जिनमें से तैंतालीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जालौन में तैंतालीस में से पैंतीस मरीज ठीक हो चुके हैं शामली में बयालीस रोगियों में से तीस व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं बागपत में उन्तीस में से चौबीस मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं हाथरस में बाईस में से बीस बांदा में तेईस में से इक्कीस और औरैया में बाईस में से पन्द्रह मरीज अब तक ठीक हुए हैं जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौं उन्तीस नए मामले सामने आये जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की तादाद बढ़कर छः हजार सात सौ चौबीस हो गई प्रदेश में अब तक बीमारी से एक सौ सतहत्तर लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है तापमान बढ़ने से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले दो तीन दिनों तक लू का प्रकोप जारी रह सकता है विभाग के अनुसार लखनऊ में आज अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है इस बीच कल औरैया फतेहपुर कौशाम्बी सहित कुछ अन्य स्थानों पर धूल भरी आंधी के बाद हल्की वर्षा दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की सम्भावना जताई है केन्द्र सरकार ने रेलगाड़ियों में भूख के कारण दस लोगों की मौत की खबर को गलत बताया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि भूख के कारण ऐसी मौत होने की कोई खबर नहीं है